श्री मोदी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप प्रदेश में पांच लाख दस हजार से अधिक कोविड टीके लगाये गये

कड़ी सुरक्षा के बीच आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने किसानों को सावधान करते हुये कहा कि नये कृषि कानून पर विपक्ष की ओर से जमीन छिन जाने की झूठ फैलाये जा रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुये श्री मोदी ने कहा कि जो लोग विदेशी कम्पनियों को बुलाने के लिए कानून बनाते थे वहीं आज झूठ बोलकर देशी कम्पनियों के नाम पर किसानों में भय पैदा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि नये कृषि कानून किसानों को नई दिशा देंगे

उत्तर प्रदेश में इन नए कानूनों के बनने के बाद जगह जगह से किसानों के बेहतर अनुभव सामने आने भी लगे हैं इन कृ षि कानूनों को लेकर भांति भांति के प्रचार करने की कोशिश की गई ये पूरे देश ने देखा है कि जिन्होंने देश के कृ षि बाजार में विदेशी कम्पनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया वो आज देशी कम्पनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं प्रदेश में अब तक चार लाख संतानवे हजार एक सौ तैंतालीस लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है वहीं तेरह हजार चार सौ संतानवे लाभार्थियों को टीके की दूसरी डोज दी गयी है अब तक राज्य में कोविड टीके की पांच लाख दस हजार से अधिक डोज दी जा चुकी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का प्रतिकूल असर नहीं दिखा है इधर देशभर में अठासी लाख से अधिक लोगों को अब तक कोविड का टीका दिया जा चुका है वहीं राज्य में एक सप्ताह के भीतर अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को कोविड टीका देने का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा स्वास्थ्य विभाग ने पहले चरण के स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना टीका का दूसरा डोज दिये जाने के साथ ही दूसरे चरण के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को भी दूसरी डोज देने को लेकर पूरी तैयारी कर ली है कोरोना टीकाकरण को लेकर अब तक ढ़ाई लाख अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने निबंधन कराया है विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मार्च में तीसरे चरण के तहत पचास वर्ष से कम उम्र के गम्भीर रोगों से पीड़ित और पचास वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग लोगों को कोविड का टीका दिया जायेगा

उन्होंने पहला टीका नहीं लगवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों से टीका जल्द लगवाने की अपील की

उनको हमे लेने का काम बहुत ही जल्दी उस काम पे लगना है एम्स पटना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि जो लोग कोविड के टीके ले लेते हैं उन्हें भी कोविड से बचाव के लिये निर्धारित एहतियात का पालन करना जरूरी है

पिछले चौबीस घंटों के दौरान बीस जिलों से कोविड मामलों की पुष्टि नहीं हुई है राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव दो शून्य प्रतिशत हो गई है एक दिन में अठहत्तर मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख उनसठ हजार सात सौ अड़तालीस हो गई है वहीं इसी अवधि में छप्पन नये मामलों की भी पूष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख इकसठ हजार आठ सौ इकतालीस हो गया है पिछले चौबीस घंटे में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ अट्ठाईस हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या पांच सौ चौंसठ है प्रदेश भर में आज से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत विशेष पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके तहत प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाकर आयुष्मान भारत गोल्डेन कार्ड बनाये जायेंगे वैसे पात्र परिवार जिनका अब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बन सका है वे शिविर में अपना कार्ड बनवा सकते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है

चौबीस फरवरी तक चलने वाली परीक्षा में इस बार सोलह लाख चौरासी हजार चार सौ छियासठ परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं और पुलिस बल की तैनाती की गयी है पूरी परीक्षा प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए परीक्षा केन्द्रों के आस पास निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है श्री किशोर ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुये इस बार परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गयी है राज्यभर में एक हजार पांच सौ पच्चीस परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है वहीं ठंड को देखते हुये बोर्ड ने परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति दी है बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि प्रवेश पत्र में फोटो संबंधी त्र्टि होने पर आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत छह अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज के आधार पर भी परीक्षार्थियों को प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था की गयी है कोविड को देखते हुये परीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गयी है परीक्षार्थियों के साथ साथ परीक्षा केन्द्र पर मौजूद हर व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है परीक्षार्थियों के बैठने में सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन किया जा रहा है हरेक केन्द्र पर सेनेटाईजर की व्यवस्था है कोविड काल में प्रदेश में होने वाली यह सबसे बड़ी परीक्षा है इधर परीक्षा केन्द्रों को आदर्श केन्द्र के रूप में तैयार किया गया है इन्हें फूलों और गुब्बारों से आकर्षक ढंग से सजाया गयाहै वहीं बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि इंटर परीक्षा का मूल्यांकन अट्ठाईस फरवरी से आठ मार्च तक और मैट्रिक परीक्षा का मूल्यांकन पांच मार्च से किया जायेगा मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात के प्रभाव से आज दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में बारिश की सम्भावना है मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि औरंगाबाद भभूआ अरवल जहानाबाद नवादा और नालंदा जिले में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ हल्की ब्रंदाबांदी हो सकती है

जमुई जिले की सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दो लोगों को पांच पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है अदालत ने दोषियों पर पचास पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र के नगदह गांव स्थित एक ठिकाने से पुलिस ने कुख्यात अपराधी रणधीर महतो को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी की पुलिस को कई आपराधिक मामले में लंबे समय से तलाश थी पूर्णिया जिले के जानकीनगर थाना क्षेत्र के इकराहा गांव स्थित एक घर में खाना बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से एक महिला की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये हैं पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस घटना में बारह अन्य घरों में भी आग लग गयी

पंचायती राज संस्थाओं के लिए पटना जिले को लगभग पैंतालीस करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है यह राशि पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान की दूसरी किस्त है इधर राज्य में पहली बार राजधानी पटना में अब मेनहॉल की सफाई रोबोट के माध्यम से की जायेगी पटना में मेयर सीता साहू और नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने रोबोट मशीन का उद्घाटन किया इस मशीन से प्रतिदिन आठ से दस मेनहॉल की सफाई करायी जा सकती है गया जिले के चाकंद थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से पांच सौ कार्टन विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं जिले की पुलिस ने डकैती करने वाले गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के विदुपर थाना क्षेत्र के चकबिहारी गांव से पुलिस ने छापेमारी के दौरान बयालीस कार्टन विदेशी शराब बरामद की है अन्तर्राष्ट्रीय निशानेबाज और जमुई से भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह का श्र्टिंग विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चयन किया गया है अठारह से उनतीस मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में श्रेयसी का चयन तीन स्पर्धाओं के लिए हुआ है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सरोजिनी नायडू महिला क्रिकेट लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी पटना में बीस फरवरी को होगी अखिल भारतीय सुखदेव नारायण अन्तर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता तीन मार्च से पटना में आयोजित की जायेगी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 पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमत को लेकर हिन्दुस्तान अखबार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़े तो अच्छा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगाये जाने के मामले में दैनिक जागरण की सुर्खी है कन्हैया और उमर खालिद समेत दस को भेजा समन प्रभात खबर का शीर्षक है बिहार में अगले चार महीनों में जीरो हो सकता है कोरोना केस दैनिक भास्कर ने राज्य में पंचायत चुनाव की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है बिहार और भारत निर्वाचन आयेग में ठनी ईवीएम में फंसा पंचायत चुनाव चुनाव आयोग के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा राज्य निर्वाचन आयोग आज अखबार ने पुडुचेरी में राजनीतिक उथल पुथल पर सुर्खी लगाते हुये लिखा है किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटाया गया है

श्री मोदी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप प्रदेश में पांच लाख दस हजार से अधिक कोविड टीके लगाये गये

कड़ी सुरक्षा के बीच आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू